मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अपने निवास से राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे

जिनमें से अधिकांश स्थानों पर वैक्सीन पहुंच चुकी है

ये इंटरएक्टिव सैशन साईट जयपुर के एसएमएस अस्पताल और अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होंगी

जिसमें सरकारी निजी और केन्द्रीय मंत्रालयों के हैल्थ वर्कर्स शामिल हैं वहीं आज झालावाड़ में जिला कलक्टर हरिमोहन मीना ने जिले की निर्धारित चार सेशन साइट्स के लिए धनवाड़ा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित कोल्ड चेन स्टोरेज से चार वैक्सीन वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जैसलमेर में भी जिला मुख्यालय से वैक्सीन को टीकाकरण केन्द्र के लिए रवाना किया गया

श्रीगंगानगर में पहला जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया जायेगा

अभियान से जुड़े आवश्यक पहलुओं के बारे में बात करते हये नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉ रूपाली मलिक ने कोविड वैक्सिन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिये

वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होते हुए महामारी विशेषज्ञ डॉ जालम सिंह राठौड़ ने टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी

वेबिनार की मुख्य अतिथि पत्र सूचना कार्यालय जयप्र की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने मीडिया से ट्रीकाकरण के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की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

दोनों पक्षों के बीच आज हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई बैठक के बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की

कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी

इसके बाद इन चुनावों में उम्मीद्वारों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी

इस बीच निकाय चुनावों के लिए काम में ली जाने वाली मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है

प्रशासन भी निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है

इनके सभी मतदान अधिकारियों पीठासीन अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों के लिए आज एक दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया

ज्यादातर कौवे मोर और कबूतरों की मृत्यु हो रही है

उन्होंने शराब से बीमार होकर ऑखों की रोशनी खो चुके लोगों का इलाज बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए है वहीं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने चक सामरी गांव पहुंचकर मृतक परिवारों के घर जाकर संवेदना व्यक्त की उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो इसके लिए अवैध शराब के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चालाया जा रहा है इस बीच जिला कलक्टर के निर्देश पर जिले के रूपवास के अलावा कुम्हेर और मेवात इलाके में अवैध शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है पुलिस और आबकारी विभाग ने कई स्थानों पर दर्जनों भट्टियों को तोड़कर हजारों लीटर वॉश नष्ट किया पुलिस ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है

श्री बिरला ने इसके लिए कंपनी के गैस बुकिंग फोन नम्बर को जारी किया इस फोन नम्बर पर मिस्ड कॉल देने से नया कनेक्शन भी मिल सकेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्जवला योजना से करोड़ों महिलाओं को लाभ मिला है

इस ्एएसआई ने एक व्यक्ति से उसके मामले में एफआर लगाने की एवज में ये राशि मांगी थी